कल शाम निवेशकों की विश्वस्तर की वर्च्रअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता लोकतंत्र स्थिरता निरंतरता और प्रद्षण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनीं हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है

उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को लघु जलविद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने में आ रही समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया

जियालाल कपूर विधायक जियालाल कपूर ने कहा है कि चंबा जिले में भरमौर उपमंडल की सभी पंचायतों में विश्राम गृह बनाए जांएगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने की सुविधा मिल सके गरोला पंचायत में निर्मित विश्रामग्रह के लोकार्पण अवसर पर कल उन्होंने ये बात कही कपूर ने कहा कि विश्राम गृह बनाने के लिए जनजातीय उपयोजना के तहत धनराशि का प्रावधान किया जाएगा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 दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को सुर्खी दी है परिवारवाद से कांग्रेस तंग जल्द बिखर जाएगी दैनिक भास्कर का शीर्षक है राहुल के आने की भनक नहीं ये कांग्रेस में एक से कई पार्टियां बनने के संकेत आपका फैसला के शब्द हैं कांग्रेस अपनी छवि को मलिन करने से भी नहीं हिचकिचाती अमर उजाला ने खबर दी है हिमाचल मंत्रिमण्डल में फिर फेरबदल की सुगबुगाहट सीएम जयराम दिल्ली बुलाए हिमाचल दस्तक लिखता है तत्तापानी लारजी डैम में लें वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा पर्यटन विभाग जल्द शुरू करेगा ये गतिविधियां

पंजाब केसरी की एक खबर है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक कम पढ़े लिखे केंद्र सरकार की असर रिपोर्ट में आया सामने वहीं दिव्य हिमाचल की सुर्खी है निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले अभिभावक ज्यादा पढ़े लिखे